पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

दस फरवरी तक सभी स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया जायेगा टीका

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद बिहार बोर्ड ने बदला फैसला बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजूट होकर लड़ रहा है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

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खूले मन से आगे बढ़ रही है नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री बातचीत के लिए हर समय उपलब्ध हैं बैठक में छब्बीस जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ग्यारहवें दौर की बातचीत के बाद किसानों को दिए गए प्रस्ताव पर सरकार अब भी कायम है साउंड बाईट जो डिसकशन के लिए नेगोसिएशन के लिए टवेंटी सैकेंड ट्वेंटी थर्ड को हमारा एग्रीकलचरल मिनिस्टर श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने आफर किया था हम डिसकशन के लिए तैयार हैं अगर आप डिसकशन फरदर कंटीन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पर अवेलेबल हूं जो स्टेटमेंट जो मुझको कम्यूनीकेट किया गया था दैट स्टिल स्टैंड गुड सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि किसानों को आगे बढना चाहिए और सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए सरकार विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार है श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदन में व्यापक बहस और संसद के सुचारू कामकाज के महत्व पर बल दिया उधर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बजट सत्र के दौरान सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिये आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है लोकसभा में कल पूर्वाहन ग्यारह बजे दो हजार इक्कीस बाईस का केन्द्रीय बजट पेश किया जायेगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग केंद्रीय बजट दो हजार इक्कीस बाईस पर दिनभर विशेष कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करेगा इन कार्यक्रमों में बजट पर आर्थिक विशेषज्ञों का गहन विश्लेषण विशेष बजट बुलेटिन बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार भी मुख्य रूप से प्रसारित किए जाएंगे ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और आकाशवाणी के अतिरिक्त मीटरों पर कल सुबह दस बजकर बीस मिनट से रात्रि दस बजे तक सुने जा सकते हैं

राज्य के लोगों को कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कोन्द्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं एसकेएम कॉलेज नवादा के प्रिंसिपल संजय कुमार ने बताया कि महामारी के दौरान पीड़ित लोगों को बजटीय उपायों से निश्चित रूप से मदद मिलेगी

अत्यधिक ठंड और घने कोहरे के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है सड़कों पर आम दिनों की तुलना में चहल पहल काफी कम देखी जा रही है मौसम विभाग ने पटना सहित राज्यभर में दो फरवरी तक के लिये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है इसके कारण कुछ जगहों पर बादल धिरने की संभावना है लेकिन ठंडी पश्चिमी हवाएं जारी रहने से शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि चार फरवरी के बाद पुरबा हवा के प्रवाह की संभावना है जिससे तापमान बढ़ेगा और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है

गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहा सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉड किया गया पटना का न्यूनतम तापमान सात दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी तथा उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हल्की गर्म हवाओं की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है लंबी दूरी की ज्यादातर रेलगाड़ियां घंटो विलंब से चल रही हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौंतीस हजार आठ सौ पैंतीस स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड उन्नीस से बचाव का टीका लगाया गया यह एक दिन में लगाया गया सबसे अधिक टीका है इसके साथ ही राज्य में अब तक एक लाख पैंतालीस हजार दो सौ उनचालीस लोगों को टीका लगाया जा चुका है दस फरवरी तक सभी स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस टीके के प्रतिकूल प्रभाव का कोई भी मामला सामने नहीं आया है इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर अब बढ़कर अंठानवे दशमलव नौ पांच प्रतिशत हो गई है अब तक दो लाख संतावन हजार आठ सौ छप्पन रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या भी निरंतर कम हो रही है इस समय सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार दो सौ सैंतालीस है पिछले चौबीस घंटों में कोविड के एक सौ तेईस नए मामले दर्ज हुए हैं इसमें सबसे अधिक बावन मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है अभी तक राज्य में दो करोड़ नौ लाख से भी अधिक कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड उन्नीस टीकाकरण अभियान में अब तक अग्रिम पंक्ति के सैंतीस लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लग चुका है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों का प्रतिशत बढ़ाने की सलाह दी उन्होंने कहा कि कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने की जरूरत है स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कोविन की तकनीकी खामियां दूर कर ली गई है एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक पीयूष रंजन ने कहा कि कोविड उन्नीस का टीका आ जाने के बावजूद लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें वैश्विक स्तर पर पोलियो का उन्मूलन होने तक सतर्क रहने और पोलियो से जनता की प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए बारीकी से निगरानी रखने की जरूरत है उन्होंने कहा कि बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने अपने नियमित टीकाकरण अभियान में आईपीवी यानी इंजेक्शन के माध्यम से पोलियो की दवाई देने की शुरूआत की है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वावधान में होने वाली इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा कल से शुरू हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जूते और मोजे पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दे दी है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि परीक्षा के लिये कुल एक हजार चार सौ तिहत्तर केन्द्र बनाये गये हैं इस परीक्षा में तेरह लाख पचास हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों के साथ बातचीत में कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है उन्होंने परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किये जाने को कहा है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने कहा है कि इंडो नेपाल रेललाइन बिछाने का कार्य अगले तीन वर्षो में पूरा कर लिया जायेगा कटिहार में उन्होंने कहा कि रेललाइन के लिये जमीन अधिग्रहण का कार्य भी लगभग प्ररा किया जा चुका है श्री गुप्ता ने कहा कि कटिहार में रेलवे स्टेशन और मंगल बाजार को जोड़ने वाले फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य एकतीस मार्च तक प्रा कर लिया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री मंगल पाण्डेय के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में कला विश्वविद्यालय खुलेगा दैनिक जागरण ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का शीर्षक लगया है सिर्फ एक फोन कॉल पर सरकार किसानों से वार्ता के लिये तैयार दैनिक भास्कर ने बजट से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हये लिखा है ड्रीम बजट दोगुनी हो आयकर छूट की सीमा अब सभी हों आयुष्मान प्रभात खबर की सुर्खी है पंचायतों को भेजी गई पंद्रहवें वित्त आयोग की एक हजार दो सौ चौवन करोड़ की राशि

पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

दस फरवरी तक सभी स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया जायेगा टीका

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद बिहार बोर्ड ने बदला फैसला